अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इसमें रेलवे सहित देशभर की उन्तीस टीमें भाग ले रही है टीमों को आठ समूहों में बांटा गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और तेलंगाना को ग्रुप एच में रखा गया है उद्घाटन मैच रेलवे और मिजोरम के बीच खेला गया जिसमें रेलवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार शून्य से जीत दर्ज की एन अन्य मैच में असम ने आंध्र प्रदेश को नौ शून्य से पराजित किया जबकि बिहार ने कर्नाटक को तीन श्रन्य से हराकर जीत के साथ श्रुआत की वही मध्यप्रदेश ने हरियाणा को दो एक से पराजित किया आगामी बारह सितंबर को अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा इसी दिन पिछली बार कि विजेता मणिपुर का मुकाबला पश्चिम बंगाल से होगा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे सभी खेलों का विकास होगा उन्होंने कहा कि राज्य के फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी यह गौरव का क्षण है इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन इस क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करेगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की देश के सभी राज्यों को एक समान अवसर प्रदान करने की नीति के अच्छे परिणाम मिल रहे है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव निहारिका राय मौजूद थे इस अवसर पर श्री खांडू और रिजिजू ने पोषण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी हितधारकों से स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ राष्ट्र के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध है और जनजागरुकता से लोगों के बीच संतुलित आहार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इधर आज सुबह राजधानी ईटानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण जागरुकता रैली निकाली गई

सोमवार को ग्रवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलाईयेंस नेडा के चौथे सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि अगर सी ए बी को क्रियान्वित किया गया तो उसका पूर्वोत्तर राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से लागू विशेष प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी

पाप्रम पारे जिले के दोईमुख में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार उन्नीस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिले के प्रत्येक गांच में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए विधायक ताना हाली तारा और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को सहयोग करने की अपील की इस कार्यक्रम के दौरानक्रड़े दान का वितरण किया गया और पौधारोपण कर स्वच्छ और हरित वातावरण का संदेश दिया गया भारत ने चीन की विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के बाद पाकिस्तान और चीन द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर के उल्लेख को खारिज कर दिया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश क्रमार ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उन्होंने कहा कि भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर हमेशा ही चीन और पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है भारत का कहना है कि ये क्षेत्र भारत का है जिस पर पाकिस्तान ने उन्नीस सौ सैतालीस से अवैध कब्जा कर रखा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी देश द्वारा यथास्थिति को बदलने का ढ्रढता से विरोध करता रहा है उन्होंने संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाई को बंद करने को कहा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुगुन जनजाति के कृषि आधारित त्योहार फॉमखो सोवाई की शुभकामनाएं दी है उन्होंने समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पांच दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई